राज्य में कोरोना संक्रमितों के मिलने की संख्या एक सौ से कम हुई स्वस्थ होने वालों की दर अंठानबे प्रतिशत के पार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंसिंग से संबोधित करेंगे और स्टार्टअप के साथ संवाद करेंगे झारखंड में पांच लाख से अधिक मतदाताओं की संख्या में बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी है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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह साढ़े दस बजे वीडियो कॉफ्रेंस के जरिए विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारम्भ करेंगे इस अभियान के दौरान समूचे देश में कोरोना के टीके लगाए जाएंगे सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में तीन हजार से अधिक टीका केन्द्र वर्चअल उदघाटन कार्यक्रम से जुड़ेंगे अभियान के पहले दिन प्रत्येक केन्द्र पर करीब सौ लाभार्थियों को टीर्के दिए जाएंगे टीकाकरण अभियान वरीयता समूह के सिद्धांत पर आधारित है पहले चरण में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों और समेकित बाल विकास सेवाओं से संबंधित कार्यकर्ताओं को टीके लगाए जाएंगे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने को विन ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफार्म विकसित किया है जिसका इस्तेमाल इस अभियान में किया जाएगा

यह डिजिटल प्लेटफार्म टीके लगाए जाने के समय सभी स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों की सहायता करेगा इधर रांची के सदर अस्पताल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में इसकी शुरुआत करेंगे वे यहां टीका लेने वालों से बात भी करेंगे राज्य में पहले चरण में टीकाकरण के लिए एक लाख चालीस हजार स्वास्थ्यकर्मियों का पंजीकरण किया जा चुका है पहले डोज के अठाइस दिन बाद दूसरा डोज दिया जाएगा राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अजित कुमार प्रसाद ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में पहले दिन दो केंद्रों पर टीके की शुरुआत होगी राज्य में पहला टीका अस्पताल में कार्य करनेवाले सफाईकर्मियों को दिया जाएगा इधर गढ़वा जिले में भी आज से शुरू हो रहे कोविड वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है

इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को टीके की दो डोज लेनी होगी जो अठाइस दिनों के अंतराल पर दी जाएगी विशेषज्ञों ने बताया कि टीका लेने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है पंजीकरण कराने के लिए किस दिन कहां और किस समय पर टीका लगाया जाएगा इसकी जानकारी साझा की जाएगी

वहीं एक सौ तैतीस कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो गए हैं जबकि कोरोना से रांची जिले में एक मरीज की मौत हुई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से तैतीस पूर्वी सिंहभूम से सत्रह पलामू से ग्यारह धनबाद से सात बोकारो और हजारीबाग से छह छह पश्चिमी सिंहभूम और गूमला से चार चार लोहरदगा से दो और लातेहार दुमका चतरा सरायकेला और गोड्डा से एक एक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं

इनमें एक हजार दो सौ नवासी सक्रिय मामले हैं जबकि एक लाख पंद्रह हजार एक सौ बैयालीस मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में कोरोना से एक हजार उनचास लोगों की मौत हुई हैं वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट अंठानबे प्रतिशत हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के झारखंड प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव तथा विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के नेतृत्व में कल पार्टी की ओर से रांची में किसान अधिकार दिवस का आयोजन किया गया

मार्च में मंत्री बादल पत्रलेखबन्ना गुप्ता पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सांसद गीता कोड़ा समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे पारा शिक्षक मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया मुख्यमंत्री ने इस दिशा में सरकार द्वारा उचित कदम उठाने का भरोसा प्रतिनिधिमंडल को दिया

दो दिन के इस सम्मेलन का आयोजन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने किया है

इस सम्मेलन में अगला बिम्सटेक स्टार्टअप सम्मेलन भारत में आयोजित करने का वायदा किया गया था मतदाता सूची झारखंड में पांच लाख से अधिक मतदाताओं की संख्या में बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी है

प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में मतदाताओं के आंकड़ों के आधार पर आयोग द्वारा मतदाताओं के सांख्यिकीय आंकड़े तैयार किये गये हैं उन्होंने बताया कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद राज्य में मतदाताओं की संख्या बढ़कर दो करोड़ पैंतीस लाख उनचालीस हजार तीन सौ अठाइस हो गयी जबकि इससे पूर्व सूबे में मतदाताओं की कुल संख्या दो करोड़ तीस लाख सैतीस हजार दो सौ अठासी थी

फिलहाल रांची में एक चौथाई अदालतें फिजिकल मोड में काम करेंगी जबकि बाकी अदालतों में वर्चुअल माध्यम से ही मुकदमों की सुनवाई की जाएगी

इसके लिए सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त ने रांची जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर फैसला लिया कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए फिजिकल सुनवाई के लिए अदालतों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है

इसके लिए प्रचार रथ रवाना किया गया है

मंत्रालय के अनुसार इस बीमारी के संबंध में लोगों को जागरूक बनाने और गलतफहमी दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं

मंत्रालय के अनुसार राज्यों से कहा गया है कि वे एन्फ्लूएंजा से अप्रभावित इलाकों से मंगाए गए पोल्ट्री उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध न लगाएं डुसू खूंटी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हुटार क्षेत्र में प्रचलित रंगरोड़ी धाम में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दुसू मेले का आयोजन किया गया रंगरोड़ी धाम के इस टुसू मेले में नदी के बीच में स्व स्फूटित महादेव शिवलिंग की सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए लोगों की भीड़ देखी गई मेले में क्षेत्र के लोग चौड़ल टुसू लेकर पहुंचे थे मेले के आयोजन समिति की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये थे

प्रभात खबर ने कोरोना पर टीके का शनिवार शीर्षक को अखबार की सुर्खी बनाई है दैनिक जागरण ने भी दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान आज से तैयारी पूरी शीर्षक से वैक्सीनेशन की खबर को अपनी लीड बनाई है दैनिक भास्कर ने रांची सदर अस्पताल की सफाईकर्मी को लगेगा सबसे पहला टीका शीर्षक को अपनी पहली सुर्खी बनाई है दैनिक हिंदुस्तान ने राष्ट्रपति द्वारा राममंदिर निर्माण के लिए दिए गए पांच लाख रुपए दान इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी गई है रांची एक्सप्रेस ने किसानों की नौवे दौर की वार्ता बेनतीजा रही उन्नीस को फिर होगी वार्ता की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है